रीना कश्यप पच्छाद जबकि विशाल नैहरिया धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में संपन्न उपच्नाव में विजयी हए थे शपथ ग्रहण समरोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर और रामलाल मारकंडा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा विघानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सांसद सुरेश कश्यप और अन्य विघायक मौजूद रहे बिंदल ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोनों विधायकों से तन मन धन से अपने क्षेत्र के विकास में जुट जाने को कहा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला में गृहणी सुविधा योजना के तहत शतप्रतिशत पात्र लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं वीरेंद्र कंवर आज कंटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा में गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण के मौके पर बोल रहे थे

कवर ने लोगों से प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने का मी आहवान किया उन्होंने बाद में अधिकारियों के साथ एक बैठक में कटलैहड की विकास योजनाओं की समीक्षा भी की गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला के दुटीकंडी स्थित वानर नसबंदी व वन्य प्राणी रेस्कयू केंद्र का दौरा किया इस मौके पर उन्होंने वन्य प्राणी प्रभाग के अधिकारियों को वानर नसबंदी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने अगले वर्ष के लिए नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने और इसे हासिल करने के लिए मोबाईल वैन नसबंदी ऑपरेशन को प्राथमिकता देने को भी कहा

इस आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेता खासकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गूरकीरत सिंह और पर्यवेक्षक नाना पटोले भी मौजूद रहेंगे ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही इस दौरान राठौर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए कांग्रेस विधायकों को अभी तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से कोई न्यौता नहीं मिला है इस संबंध में मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से भी कोई बातचीत नहीं की है उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों से सरकार को अगर सुझाव लेने ही थे तो निवेशकों से एमओयू करने से पहले लिए जाते

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का विरोध करना गलत है धूमल ने आज एक ब्यान में कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें वास्तविकता की जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकारों ने हमेशा ही पहाड़ी राज्यों की मदद की है इसके विपरित कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों ने पहाड़ी राज्यों को कुछ देने के बजाए जो पहले से मिल रहा था वह भी छिन लिया उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिला विशेष औद्योगिक पैकेज यूपीए सरकार ने ही छिना था उन्होंने समी दलों से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने का आहवान किया

इन सभी परीक्षाओं की सूची बोर्ड की वैबसाईट पर भी उपलब्ध हैं मौसम प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में जोरदार ठण्ड का सामना करना पड़ सकता है